स्लग हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तरकाशी जिले में मोरी तहसील के आपदाग्रस्त इलाके में राहत और बचाव कार्य में लगा एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस हादसे में पायलटों और को पायलट समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था आराकोट में आपदा राहत सामग्री बांटकर वापस लौटते हुए हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में उलझकर पहाड़ी से टकरा गया मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है

इस बीच उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है साथ ही भारी वर्षा और सैलाब से क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है विद्युत और जलापूर्ति सुचारू करने के लिए विभागीय अधिकारी जुटे हुए हैं हेलीकॉप्टर से खाद्यान्न और दवाएं आदि भेजने के साथ ही अन्य आवश्यक सामान भेजे जा रहे हैं स्लग सीएम निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्र में सेब की फसल खराब न हो इसके लिए अगर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसकी अलग से व्यवस्था की जायेगी कल सचिवालय रिथित आपदा प्रबन्धन केन्द्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदाग्रस्त गांवों से सेब को सड़क तक लाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये ताकि काश्तकारों को नुकसान न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के सम्बन्ध में सभी जिलों से प्रभावी समन्वय बनाये रखा जाए उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन गांवों में संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत के लिये धन की कमी न होने दी जायेगी

राज्य जनजाति अनुसंधान सह सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि यह सेंटर यहां की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायक साबित होगा इससे शोध के छात्रों को भी लाभ होगा केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए हर तरीके से सहयोग करेगी

जम्मू कश्मीर पुलिस के एक विशेष पुलिस अधिकारी भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गये आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद गनी हमाम इलाके में नाकेबंदी करके चलाये गये तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद के अलावा कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ है इस बीच जम्मू कश्मीर विशेषकर कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार होने से प्रशासन ने श्रीनगर सहित विभिन्न इलाकों में दिन में प्रतिबंध में छूट दी है प्रशासन द्वारा घाटी में माध्यमिक स्कूलों के आज फिर से खोले जाने की घोषणा के बाद कुछ छात्रों को स्कूल जाते देखा गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रीनगर शहर के सिविल लाईन और ऊपरी इलाकों से अवरोधक हटा दिये गये हैं लेकिन कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं अंतर जिला परिवहन शुरू होने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महाबीर बिष्ट का कहना है कि विज्ञान संगोष्ठी का मकसद छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है ताकि भविष्य को छात्रों को अच्छा प्लेटफॉम मिल सके

रूड़की पहुंचे बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष ने तहसील के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान की समस्या को जल्द हल किया जायेगा उन्होंने अधिकारियों से पेयजल बिजली गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर वार्ता की स्लग स्वच्छता अभियान अल्मोड़ा में आज जिला प्रशासन और नगर पालिका ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया इस अभियान में विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी लोगों को इस तरह के सफाई अभियानों में भागीदारी करनी चाहिए तभी यह कार्यक्रम सफल होगा उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना है जिससे शहर स्वच्छ होगा अभियान के तहत रामशिला वार्ड के कचहरी परिसर तहसील परिसर नयालखोला हुक्का क्लब पीडब्लूडी कालोनी बागी बगीचा और मल्ला दन्या में स्वच्छता अभियान चलाया गया अभियान के तहत पालिका के कूडा वाहनों से कूड़ा एवं मिटटी मलबा घास और कांच आदि को हटाया गया नगर पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने भी इस सफाई अभियान में विभिन्न स्थानों से कूड़ा आदि उठाकर सहयोग किया उन्होंने इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता करने की अपील की

देहरादून में सुबह धूप निकली लेकिन दोपहर में बादल घिर आए और कुछ देर रिमझिम बारिश हुई दिन भर आसमान में बादल छाये रहे मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा मैदानी इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के आराकोट में राहत और बचाव कार्य जारी हैं यहां आपदा में ट्रटी सड़कों की मरम्मत की जा रही है आराकोट में आईटीबीपी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यो में जुटी हुई हैं प्रभावित लोगों को खाद्यान्न और दवाए पहुंचाई जा रही हैं उधर रुद्रप्रयाग में गौरीकंड तक सड़क मार्ग बहाल हो गया है और सोनप्रयाग में सड़क मार्ग सुचारु है मौसम विभाग के अनुसार कल गढ़वाल और कुमाऊं में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है स्लग पंचायती राज उत्तराखण्ड पंचायती राज निदेशालय में आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत शैक्षणिक ट्रेनिंग एवं भ्रमण क्षमता विकास पंचायती राज एक्ट सतत विकास और लक्ष्य महिला सशक्तिकरण विषयों पर मंथन किया गया केंद्र सरकार के पंचायती राज द्वारा इस बैठक में जयपुर सेंटर फोर डेवलमेंट कम्युनिकेशन एडं स्टडीज की एक टीम ने पंचायती राज संबंधी जानकारी दी जयपुर की टीम के प्रमुख डॉ उपेन्द्र ने कहा कि पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सम सामयिक ट्रेनिंग का आयोजन करता रहता है जो अत्यंत सराहनीय है

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जिलाधिकारी ने महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के तहत दिए गए प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और उपयोग के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता और पोषकता पर भी ध्यान देने पर जोर दिया जिलाधिकारी ने कहा कि उत्पादों के विपणन के लिए प्रसंस्करण केन्द्र में आउटलेट और मार्केट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी